नगर निगम नगर व ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए सैंकड़ों उम्मीदवारों ने भरे नामांकन कल की जाएगी जांच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने उठाए ऐतिहासिक कदम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अजय कुमार को राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिलाई शपथ कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें सीएम कोविड मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में एक दो दिन में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लॉकडाउन सहित अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश सहित प्रदेश में भी कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिरों में बढती श्रद्वालुओं की संख्या को रोकने के लिए सरकार ने एसओपी जारी की है जिससे कुछ परेशाानी जरूर होगी लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ये आवश्यक था

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को फिर से फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने कोविड टीकाकरण में प्रदेश भर में अव्वल रहने पर मंडी जिले के सराहना की

इसके लिए सैंकड़ों प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दखिल किए हैं

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहे है

इसके अलावा शिमला ज़िले के टुटू और चौपाल जबकि मंडी ज़िले के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधानों के चुनाव के लिए भी मतदान होगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों से बातचीत करते हुए बताया कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए इसमें कलाकारों को भी शामिल किया जाएगा ये पहला मौका था जब प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य क लोक कलाकरों से बातचीत की प्रतिनिधि मंडल शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के पंचायती राज प्रतिनिधियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से भेंट की मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यो को निर्बाध रूप से जारी रखा है और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में साढ़े तीन हजार करोड़ रूपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रत्येक पंचायत में हर साल पांच बड़े काम किए जाएंगे जिनकी लागत पांच लाख रूपए से अधिक होगी वीरेंद्र कवर ने आज ऊना जिले की परोईयां कलां पंचायत में जन सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि परोईयां कलां से घरवासड़ा के लिए ट्रेकिंग रूट तैयार किया जा रहा है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से उभरने पर अंतर्राष्ट्रीय एजंसियों ने सराहना की है अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के सार्थक प्रयासों से अर्थव्यवस्था में वी आकार की रिकवरी देखी जा रही है और व्यापार भी बेहतर हो रहा है उन्होंने कहा कि लगातार पांचवें महीने जीएसटी एकत्रीकरण एक लाख करोड़ रूपए से ऊपर रहा है

अनुराग ठाक्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं और विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं उन्होंने कहा कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है शपथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में अजय कुमार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई इसके अलावा राज्यपाल ने जय प्रकाश काल्टा को भी आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के अलावा नगर निगम महापौर सत्या कौंडल मुख्य सुचना आयुक्त नरेंद्र चौहान और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे शपथ ग्रहण के बाद अजय कमार ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाएंगे उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकर ने कहा है कि लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहें है मनाली में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवांए मुहैया करवाई जा रही है

मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में साडा कमेटी के बैठक की अध्यक्षता की और विकास कार्यो का जायजा लिया उन्होंने कहा कि उदयपुर में एसजेवीएनएल द्वारा हाई मास्ट लाईट लगाई जाएगी और साडा विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा बरागटा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण पेयजल व सिंचाई योजनाएं युवक व महिला मंडल भवन खेल मैदान श्मशानघाट और वर्षा शालिकाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की बरथाटा पंचायत में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि अप्रैल में होने वाली ग्राम सभा की पहली बैठक में बीपीएल सूचियों का आकलन कर पात्र लोगों को इनमें शामिल किया जाएगा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पुलिस भर्ती के लिए प्रत्येक फॉर्म पर कथित रूप से सौ रूपए अतिरिक्त कोविड शुल्क वसूलें जाने पर एतराज जताया है उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं से कोविड के नाम पर राशि वसूलना अनुचित है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए राठौर ने सरकार पर महंगाई व बेराजगारी से निपटने में विफल रहने का आरोप भी लगाया